केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि नेपाल सरकार कोसी नदी पर हाईडैम बनाने के लिये तैयार हो गयी है इस संबंध में जल्द ही भारत और नेपाल के बीच विस्तार से बातचीत कर योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा पटना में श्री सिंह ने कहा कि इस डैम के बारे में प्रधानमंत्री से बात हुयी है बिहार के लिये यह डैम बरदान साबित होगा इस हाईडैम के बनने से बाढ़ से राहत मिलेगी साथ ही सिंचाई सुविधाओं का विकास और लगभग पांच हजार मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकेगा केंद्र सरकार सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिये अगले महीने से किसानों के लिये कुसुम योजना शुरू करेगी पटना में एक दिवसीय दौरे पर आये केंद्रीय विद्यूत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा कि इस योजना में किसान सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेंगे जिसे केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीदेगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नई नीति लायेगी जिसके तहत लोड शेडिंग करने वाले बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी फार्म और रिटर्न फार्म के सरलीकरण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की वित्तमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि जीएसटी फार्म भरने की प्रक्रिया पर चिंताओं को दूर करने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं वित्तमंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली जीएसटी भरने की नई प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से विचार विमर्श होना चाहिए राज्य सरकार प्रदेश में अवैध बालू खनन जमा करने और बिना चालान के बाहर ले जाने के खिलाफ जांच अभियान चलायेगी खनन और भू तत्व विभाग ने इस अभियान के लिये पांच जांच दलों का गठन किया है विभाग ने लोगों से गड़बड़ी की सूचना प्राप्त करने के लिये कंट्रोल रूम बनाया है इस संबंध में सूचना देने के लिये फोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच तीन पांच शून्य जारी किया गया है महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर पटना विश्वविद्यालय में शोध केंद्र स्थापित किया जायेगा वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर साईस कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में आयोजित शोक सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी सिंह ने कहा कि इस शोध केंद्र के लिये केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजा जायेगा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पटना में पैक्स चुनाव होने की अधिसूचना जारी कर दी है जारी अधिसूचना के तहत पटना जिले में तीन चरणों में चुनाव होगा पटना में नौ से सत्रह दिसंबर के बीच चुनाव होगा अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले चरण का मतदान नौ दिसंबर दूसरे चरण का ग्यारह दिसंबर और तीसरे चरण का तेरह दिसंबर को चुनाव होगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी चरण के मतदान के अगले दिन मतगणना होगी मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण और हथियार तस्करों के विरूद्ध अभियान चलाये जा रहे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिये मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद अररिया की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन आरोपित मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद तबरेज और मोहम्मद इरशाद को फाँसी की सजा सुनाई है इसके अलावा सात अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है घटना वर्ष दो हजार तेरह की जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बैरिया की है बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने प्रदूषण फैला रहे दो सौ ग्यारह नर्सिंग होम चौहत्तर पैथोलैब डायग्नोस्टिक सेंटर और तिहत्तर डेंटल क्लीनिकों को पंद्रह दिनों के भीतर बंद करने का आदेश जारी किया है प्रद्षण बोर्ड ने इन सभी को नोटिस देकर चेतावनी दी थी पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत बंगरा में एक मध्याहन भोजन केन्द्रीकृत रसोई घर में बॉयलर फटने की घटना में मृतक चार लोगों के निकटतम आश्रितों को आपदा प्रबंधन की ओर से तत्काल चार चार लाख रूपये मुआवजा दिया गया है मौसम विभाग ने अठाईस नवम्बर तक पटना सहित पूरे प्रदेश में मलेरिया के स्तर में पचहत्तर फीसदी बढ़ोतरी को देखते हुये रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर कहा कि अठाईस नवम्बर तक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान तैंतीस से उनचालीस डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान चौदह से उन्नीस डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सी पी ठाकुर ने केंद्र से तीन दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मेधा दिवस के रूप में मनाने की मांग की है मोतिहारी में खेले जा रहे राज्य स्तरीय अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में वैशाली की टीम ने मुजफ्फरपुर को सोलह रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है वहीं एक अन्य मैच में गया ने नालंदा पर एक विकेट से रोमांचक जीत हासिल की है इधर इस टूर्नामेंट में औरंगाबाद के नहीं आने से खगड़िया को वॉकओवर दिया गया प्रदेश में चालू खरीफ मौसम में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की भरपाई के लिये किसानों से आवेदन लिये जा रहे हैं प्रभावित किसान बीस नवम्बर तक कृषि विभाग की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग की इमरजेंसी विभाग में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच हुयी झड़प को लेकर एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये हैं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

हिन्दुस्तान का शीर्षक है सत्रह राजधानियों के पानी की गुणवत्ता बहुत खराब जांच में पटना के सभी दस नमूने फेल दैनिक जागरण की सुर्खी है अयोध्या मसले पर पुनिर्विचार याचिका के लिये ज्यादातर पक्षकार सहमत दैनिक भास्कर लिखता है मौसम विभाग ने अठाईस नवम्बर तक के लिये जारी की चेतावनी डेंगू के बाद अब मलेरिया का खतरा पूरे बिहार में रेड अलर्ट प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय हरियाली बचायें सार्वजनिक तालाबों को कराया जायेगा अतिक्रमणमुक्त राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार ने मोतिहारी में बॉयलर फटने से चार मजदूरों की मौत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है